कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से ऐसा संवाद करते रहे हैं धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि वे कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने घर में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रहने के लिए प्रेरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार मनरेगा मजदूरों के खातों में छः सौ ग्यारह करोड़ रूपये स्थानान्तरित कर दिए हैं प्रत्येक खाते में औसतन दो हजार दो सौ पचास रूपये भेजे गए हैं मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरों से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनको तीन महीने का राशन दिया जायेगा साथ ही उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिये जायेंगे इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने और उनका ख्याल रखने की अपील की राज्य सरकार ने फिर दृहराया है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर या प्रदेश के निवासी फोन मेल और फैक्स के जरिये लगभग सोलह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में तैनात नोडल अफसरों तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महीने की पच्चीस तारीख से लागू इक्कीस दिन के लॉकडाउन को बढाने की कोई योजना नहीं है एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढ़ाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया पत्र सूचना कार्यालय ने यह भी कहा कि यह अफवाह है और मीडिया ने खबरों में दावा किया था कि लॉकडाउन का समय समाप्त होते ही सरकार इसे बढ़ा देगी कैबिनेट सचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब खबरें बेबुनियाद हैं इससे पहले केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने का निर्देश दिया पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और निर्धनों के लिए अस्थायी आश्रय तथा भोजन और आवश्यक सुक्धाए मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय ने कहा कि जो प्रवासी कामगार अपने पैतुक नगर जाने के लिए निकल चुके हैं उन्हें संबंधित राज्यों के निकटतम आश्रय स्थलों पर रोका जाए और कम से कम चौदह दिन तक अलग निगरानी में रखा जाए देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय धैर्य रखने की सलाह दी गयी है आवश्यक वस्त्ओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि ये बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचने और मेहमानों को न बुलाने का भी परामर्श दिया गया है लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक साबुन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक श्न्य सात पांव जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेत्यलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांव एक चार पांच हापुड़ जनपद की सिम्मावली चीनी मिल में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू हो गया है मिल में हर रोज आठ हजार लीटर सैनिटाइजर बनाया जाएगा प्रदेश में कई और मिलों में भी सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू हो गया है बलिया जिले में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को चौदह दिन तक आबादी से अलग थलग रखने के लिए जनपद मुख्यालय में छह विद्यालयों को क्वारटाइन केंद्र में तब्दील किया गया है इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन ने प्रत्येक तहसील में भी एक एक क्वारन्टाइन केन्द्र बनाया है जिले में क्ल ग्यारह केन्द्र बनाये गये हैं इन केन्द्रों पर लोगों के रूकने भोजन और शौचालय आदि की व्यवस्था की गयी है लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने के भी इंतजाम किए गए हैं जिलाधिकारी ने बताया कि सेंट जेवियर्स स्कूल धरहरा कैस्टर ब्रिज स्कूल बसन्तपुर केन्द्रीय विद्यालय जीराबस्ती सैक्रेड हार्ट स्कूल सहरसपाली नागा जी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माल्देपुर और सनबीम स्कूल अगरसण्डा को क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया है